नये राशन कार्ड के लिए ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों के वॉर्डो में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है जहां आगामी उनतीस जुलाई तक आवेदन जमा कराए जा सकते हैं इस अभियान के तहत राज्य के साढ़े अंठावन लाख से अधिक राशन कार्डो का नवीनीकरण किया जाएगा नये राशन कार्डो के वितरण के लिए एक से आठ सितम्बर तक ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों में शिविर लगाए जाएंगे राशन कार्ड के नवीनीकरण के लिए आवेदक को केवल एक पन्ने के आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करना होगा इसमें परिवार के मुखिया की दो पासपोर्ट फोटो आधार कार्ड और बैंक खाता की फोटो कॉपी लगानी होगी आवेदन पत्र के अलावा राशन कार्ड निःशुल्क दिए जाएंगे नये राशन कार्ड जारी होने तक हितग्राहियों को पुराने राशन कार्ड पर ही राशन मिलेगा इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए हितग्राही अपने ग्राम पंचायत वॉर्ड कार्यालय अथवा खाद्य विभाग के निःशुल्क कॉल सेंटर नम्बर एक नौ छह सात या एक आठ शून्य शून्य दो तीन तीन तीन छह छह तीन में सम्पर्क कर सकते हैं मोबाइल टॉवर प्रदेश में ग्यारह सौ से अधिक गांवों में फोर जी नेटवर्क वाले मोबाइल टॉवर स्थापित किए जाएंगे इसके लिए नौ सौ अड़तीस नये टॉवर लगाए जाएंगे कम कनेक्टिविटी वाले बस्तर और सरगुजा जिलों में सबसे पहले उपलब्ध कराई जाएगी यह सुविधा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स को स्काई योजना के तहत मोबाइल नेटवर्क विस्तार के लिए निर्देश दिए हैं चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी केसी देवसेनापति ने बताया कि चौदह हजार से अधिक गांवों में फोर जी वोल्टी नेटवर्क उपलब्ध कराया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट पीएससी उच्चतम न्यायालय ने एक नोटिस जारी कर छत्तीसगढ़ के वर्ष दो हजार तीन पीएससी के कथित घोटाले से जुड़े उन्नीस अधिकारियों को तीस दिनों में उपस्थित होने या अपना पक्ष रखने को कहा है राज्य की एक अधिकारी वर्षा डोंगरे ने पीएससी चयन परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी हाईकोर्ट ने माना था कि चयन परीक्षा में गड़बड़ी हुई है कोर्ट ने राज्य सरकार को कार्रवाई का आदेश भी दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर वर्षा डोंगरे और उनके पति संतोष कुंजाम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर चयन सूची निरस्त करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी हाईकोर्ट सुनवाई छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि बिलासपुर रायपुर हाईवे का काम हर हाल में पंद्रह अगस्त तक पूरा हो जाना चाहिए फोरलेन निर्माण कार्य में हो रहे विलंब को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिए इससे पहले ठेका कंपनियों और राज्य शासन ने अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश किया जिसमें उन्होंने आश्वस्त किया है कि इकतीस जुलाई तक फोरलेन के निर्माण का काम पूरा कर लिया जाएगा इस बीच रायपुर बिलासपुर फोरलेन भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है इस मामले में मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करने के बाद सरकार को इस मामले की जांच रिपोर्ट चौदह अगस्त तक पेश करने के निर्देश दिए हैं विधानसभा स्थगन छत्तीसगढ़ विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन आज लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा विधायक भीमा मंडावी की माओवादियों द्वारा हत्या किए जाने और राज्य में हो रही माओवादी वारदातों का मुद्दा छाया रहा विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हुई इस प्रस्ताव में विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि भीमा मंडावी की हत्या लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई राजनीतिक हत्या है जिसमें माओवादियों से सहयोग लिया गया जवाब में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने विपक्ष के आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि भीमा मंडावी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी उन्होंने बताया कि थाना प्रभारी ने श्री मंडावी को कुआंकोंडा मार्ग में पर्याप्त सुरक्षा न होने की जानकारी देते हुए उस मार्ग की ओर नहीं जाने की सलाह दी थी इसके बावजूद श्री मंडावी उसी रास्ते पर चले गए और माओवादी घटना के शिकार हो गए गृहमंत्री ने बताया कि श्री मंडावी की हत्या के मामले में एक माओवादी को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने यह भी बताया कि भीमा मंडावी के परिवार के सदस्यों को भी लगातार सुरक्षा दी जा रही है विपक्षी सदस्यों ने भीमा मंडावी हत्याकांड मसले पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित एनआईए जांच को लेकर राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग रखी जिस पर गृहमंत्री ताम्रध्यज साहू ने न्यायालय में प्रकरण लंबित होने की जानकारी दी इस जवाब को लेकर विपक्ष ने असंतोष जताया और सदन से बहिर्गमन कर दिया

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और भाजपा के विधायकों ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह ने शुन्यकाल में मध्यान्ह भोजन में बच्चों को अंडा बांटे जाने का मामला उठाया उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों को अंडा दिया जाना जरूरी नहीं है छत्तीसगढ़ राज्य कबीरपंथ और गुरू घासीदास के अनुयाइयों का है यहां सभी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए इस मामले में कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम ने कहा कि सरकार ने अंडे का विकल्प रखा है जिन्हें अंडा नहीं खाना है उनके लिए दूध की व्यवस्था की गई है भाजपा सदस्यों ने भी कहा कि इस मामले में समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए इस मामले में सदन में जमकर हंगामा हुआ इसके चलते विधानसभा अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही पांच मिनट के स्थगित करनी पड़ी श्रोताओं विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की विस्तृत समीक्षा आकाशवाणी रायपुर से आज रात आठ बजकर बीस मिनट पर प्रसारित की जाएगी

ट्रेन चालक हड़ताल ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ की देशव्यापी भूख हड़ताल में बिलासपुर रेलवे जोन के ट्रेन चालक भी शामिल हो गए हैं ये चालक पेंशन पर्याप्त सुरक्षा सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि दो दिनों के भीतर उनकी मांगों पर विचार नहीं होने की स्थिति में वे सत्रह जुलाई से रेल रोको आंदोलन चलाएंगे इस हड़ताल में रायपुर रेलमंडल के करीब डेढ़ हजार ट्रेन चालक भी शामिल हैं दुर्घटना प्रदेश में बीते चौबीस घंटों के दौरान हुए अलग अलग सड़क हादसों में पांच लोगों की मौत हो गई वहीं करीब पैंतीस अन्य व्यक्ति घायल हो गए हैं गरियाबंद जिले में मोहरा मोड़ पर बीती रात अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं दो अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए ये सभी एक ही मोटरसाइकिल में सवार होकर गरियाबंद से धमतरी जा रहे थे बिलासपुर जिले में मरवाही थाना क्षेत्र के लोहारी गांव में भी बीती रात ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है वहीं रायपुर जिले के नरदहा गांव में ट्रक की चपेट में आने से दोपहिया सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई इस हादसे में एक अन्य व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया इस बीच आज कांकेर जिले के कुर्री के पास एक बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से पंद्रह यात्री घायल हो गए हैं बस में पैंतीस यात्री सवार थे जो भानुप्रतापपुर से कांकेर जा रहे थे घायल यात्रियों को इलाज के लिए कोरर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया है उधर जशपुर जिले के क्नक्री थाना क्षेत्र में एक यात्री बस के पलट जाने से बारह लोग घायल हो गए हैं जिनमें से चार की हालत गंभीर बनी हुई है ये यात्री कुनकुरी से अंबिकापुर जा रहे थे वहीं कोरिया जिले के बैकुंठपुर के पास धनुहर नाले में एक ऑटो के पलट जाने से छह लोग घायल हो गए हैं अरपा भैसाझार बैराज बिलासपुर के कोटा में निर्माणाधीन अरपा भैसाझार बैराज से आज प्रयोग के तौर पर पहली बार नहरों में पानी छोड़ा गया इस बैराज से करीब बाईस किलोमीटर तक पानी सफलतापूर्वक पहुंच गया अब लगातार पंद्रह दिनों तक नहर में बारह बारह घण्टे पानी छोड़कर इसकी क्षमता की जांच की जाएगी पच्चीस हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता वाले बैराज से इस बार दस हजार हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में पानी दिया जाएगा इस सिंचाई परियोजना के तहत सत्ताईस किलोमीटर की पांच नहरों का निर्माण किया गया है